प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई दीपावली सैनिकों के परिजनों के बलिदान को किया नमन

लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात जबकि प्रदेश के अन्य भागों में भी तापमान में हल्की गिरावट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

यह त्यौहार अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है

इस अवसर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में कहा है कि विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस त्यौहार से देश के लोगों के बीच एकता सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत होती है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीपावली पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि पारंपरिक श्रद्वा और उत्साह के साथ मनाई जाने वाली दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में आशा प्रकट की है कि दीपावली का त्यौहार सभी के जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली बढ़ाएगा उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों की समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की भी कामना की है प्रधानमंत्री जैसलमेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगोवाल पोस्ट पर सैनिकों के साथ आज दीपावली मनाई जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जो साहसपूर्वक राष्ट्र की रक्षा करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जवानों का शौर्य हर परिस्थिति में विजयी रहा है चाहे वो हिमालय की चोटियां हों मरुस्थल का विस्तार हो या घने जंगल अथवा समुद्र की गहराइयां सैनिकों के परिजनों के बलिदान को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि यह दीपावली सैनिकों के साथ मनाए जाने के बाद ही पूरी होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रणनीति स्पष्ट है और वह आपसी समझ तथा दूसरों को समझने का अवसर देने की नीति पर विश्वास रखता है यदि कोई परखने का प्रयास करेगा तो उसे उसका गंभीर जवाब मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि सही उत्तर देने के लिए देश के पास शक्ति और राजनीतिक इच्छाशक्ति है उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य शक्ति और तुलनात्मक क्षमता कई गुणा बढ़ी है प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया समझ चुकी है कि देश किसी भी कीमत पर अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतवासी देश के जवानों की शक्ति शौर्य और दुढ़ता के प्रति गौर्वान्वित है और दुनिया की कोई ताकत हमारे सैनिकों को सीमाओं की रक्षा करने से नहीं रोक सकती प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है सरकार ने स्वदेशी हथियारों के कारखानों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है

दीपावली इधर प्रदेश में भी दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास व ध्रमधाम से मनाया जा रहा है लोगों ने एक दूसरे को मिठाईयां तोहफे व पारंपरिक व्यंजन देकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं लोगों ने अपने घरों को विशेष रूप से सजाया है और प्रदेशभर में पारंपरिक व्यंजन बनाकर दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है हालांकि कोरोना महामारी और प्रद्षण के चलते प्रशासन सहित विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं ने लोगों से ग्रीन व सुरक्षित दीपावली मनाने की अपील की है लोगों से पटाखों का उपयोग ना करने या कम से कम करने का आग्रह भी किया गया है दीपावली के मौके पर सोलन में लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए खरीददारी की हमारे ज़िला संवाददाता ने बताया कि अधिकतर लोग ग्रीन दीपावली मनाने के पक्ष में हैं

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है कुल्लू जिले के विभिन्न खण्डों में नेहरू युवा केन्द्र कुल्लू व केन्द्रीय खेल मंत्रालय के सौजन्य से बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया

अब कोरोना के रोगियों की संख्या पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या का महज पांच दशमलव चार आठ प्रतिशत है

मंत्रालय ने कहा है कि सुनियोजित तरीके से कारगर जांच करने संदिग्ध रोगियों का पता लगाने और उनके इलाज के प्रति गंभीरता बरतने के कारण अधिकतर लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं देश में इस समय कोरोना से हो रही मृत्यु दर केवल एक दशमलव चार सात प्रतिशत है जो दुनिया की सबसे कम मृत्यु दरों में से है कल कोरोना से पांच सौ बीस लोगों की मौत हुई

हाईकोर्ट राज्य में कोविड मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों और कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में वेंटीलेटर और बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए हैं कोविड रोगियों को आवश्यकतानुसार ऑक्सी मीटर्स भी उपलब्ध करवाने को कहा गया है मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा ने विभिन्न राज्यों के संगठनात्मक प्रभारी व सहप्रभारी नियुक्त किए हैं इसके तहत अविनाश राय खन्ना को हिमाचल का नया प्रभारी बनाया गया है वहीं संजय टंडन को सहप्रभारी का दायित्व सौंपा गया है पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले अविनाश राय राज्य सभा से लेकर लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं मौसम लाहौल स्पीति जिले में रोहतांग दर्रा लेडी ऑफ केलंग सप्तऋषि की पहाड़ियों सहित अन्य ऊंची चोटियों पर आज दोपहर बाद से हल्की बर्फबारी हो रही है और ज़िले में ठण्ड बढ़ गई है ज़िले में लोग सर्दियों से बचाव के लिए ईंधन लकड़ी इकट्ठा करने में जुटे हैं आज केलंग का न्यूनतम तापमान माइनस शून्य दशमलव दो डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया इधर राजधानी शिमला में भी ठण्ड बढ़ गई है राजधानी व इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से आसमान पर बादल छाए रहे जिससे तापमान में गिरावट आई है प्रदेश के अन्य भागों में भी तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है